प्रदेश में नई शिक्षा नीति को यथावत लागू करेगी सरकार चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय भिंजर मेला सम्पन्न उत्सव के समापन पर निकाली गई शोभा यात्रा राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को दी बधाई जलजीवन जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को जलजीवन भिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में देशमर में पहले स्थान पर आंका गया है पालमपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये मिशन भारत सरकार का महत्वकांक्षी कार्यक्रम है जिसे पूरे देश में एक मिशन के रूप में चलाया गया है महेन्द्र सिंह ठाकर ने अधिकारियों को जलजीवन मिशन को सभी कार्यों में तेजी लाकर उन्हें तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने योजनाओं की टैंडर प्रक्रिया में भी तेजी लाने पर बल दिया स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ये अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया गया है

खूले में शौच मुक्त की स्थिति बरकरार रखने और कोई भी परिवार शौचालय से वंचित न रहे यह सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है इसे ओडीएफ प्लस का नाम दियाँ गया है जिसमें ठोस व तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में एक मज़बूत व सशक्त सरकार है और हाल ही में मंत्रिमण्डल विस्तार भी बेहद संतुलित तरीके से हुआ है

श्रद्वांजलि ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज हमीरपुर जिले के गलोड़ खास में शहीद रोहिन कुमार को श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने शहीद रोहिन कुमार के परिजनों से संवेदना जताई उन्होंने कहा कि देश उनके इस शौर्य और बलिदान को हमेशा याद रखेगा रोहिन कमार बीते कल जम्मू कश्मीर के पूछ में पाकिस्तान द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में शहीद हुए थे स्वागत खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग मंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार गृह ज़िला बिलासपुर पहुंचे बिलासपूर में नौणी चौक से लेकर घूमारवीं तक लोगों ने उनका स्वागत किया उन्होंने घूमारवीं में जन समेस्याएं सुनीं और इनका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने का आश्वासन दिया

शिमला के समीप फागू के परोला में पौधरोपण कार्यक्रम में उन्होंने इस कार्य में सभी लोगों से बढ चढ कर आगे आने का आहवान किया

एक बयान में उन्होंने कहा कि वे बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर को पूरी स्थिति से अवगत करवा चुके हैं और उनसे विशेषज्ञों के साथ स्कैब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का आग्रह किया गया है बरागटा ने कहा कि शिमला जिले समेत मण्डी कुल्लू और चम्बा ज़िलों में भी ये रोग दस्तक दे चुका है कोविड फंड प्रदेश में लोगों ने बढ़ चढ़ कर और उदारतापूर्वक कोविड फंड में योगदान दिया है

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कोविड फंड के बेहतर प्रबंधन के लिए पूरी पारदर्शिता अपनाई जा रही है

इनमें उद्योगपति व्यापारी संगठन पंचायत महिला मण्डल आम लोग और विद्यार्थी भी शामिल हैं संस्कृत दिवस विश्व संस्कृत दिवस पर आकाशवाणी से कल पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम प्रस्तृत किया जाएगा

समापन अवसर पर शहर में एक शोभा यात्रा निकाली गई हमारे संवाददाता विकास ठाकूर के अनुसार कोरोना महामारी के चलते शोभा यात्रा में काफी कम लोग मौजूद रहे उत्सव के समापन पर स्थानीय विधायक पवन नैयर ने कहा कि कोरोना संकट के चलते इस बार केवल रस्म निभाई गई उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना महामारी से जल्द निजात भिलेगी और अगले वर्ष से भिंजर मेले का ध्मधाम से आयोजन किया जाएगा

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज कांग्रेस सोशल मीडिया की बैठक में उन्होंने कहा कि थोड़े ही समय में सोशल मीडिया टीम ने बेहतर कार्य किया है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में सोशल मीडिया के माध्यम से पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में बेहतर संवाद स्थापित हुआ है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर समेत अन्य नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव एक तीन प्रतिशत तक आ गई है

एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जनहित में परीक्षा स्थगित करना उचित रहेगा रक्षा बंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व कल मनाया जाएगा इस पर्व को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में आज बाज़ार ख़ुले रहे और लोगों ने खरीददारी की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने लोगों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी है उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ाएगा मंत्रिमण्डल सदस्यों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं पौधरोपण सोलन जिले में इस मॉनसून सीज़न में वन विभाग ने करीब दो लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है वन मंडल अधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाएं और पंचायतें इस कार्य में सहयोग कर रही हैं उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के बाद उन्हें संरक्षित करने का भी प्रयास किया गया है

उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा कि निगरानी समितियों को क्वारन्टीन के नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं